श्री सिंधिया ने यह बात आज ग्वालियर में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कही वहीं मुख्यमंत्री की हिदायत के बाद वन मंत्री उमंग सिंघार ने आज कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ और प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया के सामने उन्होंने अपनी बात रख दी है सिंघार ने आगे कहा कि पार्टी फोरम पर बात रखने के बाद इसके आगे उन्हें कुछ और नहीं कहना है गौरतलब है कि श्री सिंघार ने अपने पुराने आरोपों को दोहराने के अलावा कल पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह पर सरकार को ब्लैकमेल करने और शेडो सीएम की भांति काम करने के आरोप लगाए थे प्रदेश में कांग्रेस के मंत्रियों और नेताओं के बीच बयानबाजी और विवाद लगातार बढता देख मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नाराजगी जाहिर की थी बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने सभी से सार्वजनिक बयानबाजी से बचने को कहा था और वनमंत्री उमंग सिंघार को इस मुद्दे पर चुप रहने की हिदायत भी दी थी प्रधानमंत्री रूस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन आज ज्वेजदा पोत निर्माण संयंत्र देखने गये बाद में एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि ज्वेजदा यार्ड तक राष्ट्रपति पुतिन का उनके साथ जाना उनके विशेष सद्भाव को दर्शाता है और वे इससे अभिभूत हैं इससे पहले प्रधानमंत्री दो दिन की रूस यात्रा पर आज सवेरे व्लादिवोस्तोक पहचे श्री मोदी पांचवे पूर्वी आर्थिक मंच की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में रूसी राष्ट्रपति के आमंत्रण पर वहां गये हैं श्री मोदी कल मंच के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करेंगे

लैण्डर विक्रम का दूसरा और अंतिम डी आर्बिट मिशन आज सुबह सफलतापूर्वक पूरा हो गया

इसरो वैज्ञानिकों के साथ पूरा देश विश्वास और उत्साह के साथ शनिवार की सुबह की प्रतीक्षा कर रहा है जब लैण्डर विक्रम चंद्रमा की सतह को छयेगा नेत्र पीड़ित सहायता इंदौर के नेत्र चिकित्सालय में आंखों के आपरेशन के बाद हुए संकमण से प्रभावित नेत्ररोगियों को अजीवन निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जायेगी कल स्वास्थ्य मंत्री तुलसीराम सिलावट ने चोइथराम अस्पताल पहुंचकर इलाज करा रहे मरीजों का हाल जाना इन मरीजों को परीक्षण के लिए धार से इंदौर बुलाया गया था इन मरीजों के परिजनों को आर्थिक स्थिति के अनुसार सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के भी निर्देश दिये गये हैं जयवर्द्वन प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों सहित अन्य बड़े सिविल अस्पतालों में साफ़ सफ़ाई पानी और बिजली का जिम्मा अब संबंधित नगरीय निकाय उठाएंगे कल इंदौर पहँचे नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह से स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मुलाकात कर इस संबंध में विस्तृत चर्चा की स्वास्थ्य मंत्री श्री सिलावट ने माना कि जिला अस्पतालों और अन्य बड़े अस्पतालों की साफ सफाई एक बड़ी चुनौती है पंचायत मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार संपन्न बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है कल उन्होंने भोपाल में पंचायतराज प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रतिनिधियों को स्वविवेकाधीन कोटे में बढ़ोतरी की है साथ ही काफी समय से लंबित परिसीमन की कार्यवाही तेज की जा रही है

कलेक्टर अनुग्रहा पी की अध्यक्षता में कल आयोजित जिला गौपालन एवं पशुधन संवर्धन समिति की बैठक में यह जानकारी दी गई कलेक्टर ने बैठक में पशुपालन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे राजस्व अधिकारियों से समन्वय कर गौशालाओं की जमीन का सत्यापन कर किए गए अतिक्रमण को हटाने की भी कार्यवाही कराए

इस मौके पर कृषि वैज्ञानिकों ने सिंचाई की उन्नत तकनीक के जरिए पैदावार बढ़ाने के तरीके बताये